आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के विशेष सचिव संजीवा कूमार ने बताया कि नये चार मामलों की प्रष्टि उत्तर प्रदेश दिल्ली केरल और जम्मू में हुई है उन्होंने बताया कि इन चार रोगियों में से तीन इटली से और एक ईरान से आये हैं

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों से सावधानी बरतने का आहवान किया है श्री योगी ने कहा कि कोरोना वायरस से डरने की ज़रूरत नहीं है राज्य सरकार ने हर ज़िले में संदिग्ध मरीज़ों के लिए आइसोलेशन वार्ड बनाया है जहा उनके इलाज की पूरी व्यवस्था की गयी है

केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने नई दिल्ली में कहा कि यह समूह गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम का आधार है

सरकार इन समूह की महिलाओं को आजीविका मिशन के तहत प्रशिक्षण और वित्तीय मदद दे रही है और बैंकों से आसान कज की सुविधा भी मुहैया कराई जा रही है केन्द्र सरकार अल्पसंख्यक समुदायों की महिलाओं के सामाजिक आर्थिक और शैक्षिक उत्थान के लिए कई योजनायें चला रही है अल्प संख्यक कार्य मंत्रालय के अनुसार गरीब नवाज स्वरोजगार योजना सीखो और कमाओ योजना तथा नई मंजिल योजना के तहत चार लाख से ज्यादा महिलाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण देकर रोजगार उपलब्ध कराये गये हैं रिजर्व बैंक ने बैंकों में जमा राशि की सुरक्षा को लेकर तमाम चिंताओं को खारिज करते हुए कहा है कि वह सभी बैंकों की गतिविधियों पर निर्धारित मापदंड के अनुसार निगरानी रखता है उसने कहा कि मीडिया के कुछ वर्गों में बैंकों की बाजार पूंजी के आधार पर उनको ऋण शोधन क्षमता को लेकर भ्रामक विश्लेषण किया जा रहा है रिजर्व बैंक ने स्पष्ट किया कि बैंकों की ऋण शोधन क्षमता जोखिम के प्रति उनकी पर्याप्त पूंजी के अनुपात पर आधारित है न कि उनके शेयरों के बाजार मूल्य पर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

प्रदेश में पोषण पखवाड़े की शुरुआत सभी जिलों में हो गई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर दो जिलों में इसका शुभारंभ किया

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस मौके पर आकांक्षी जिले सिद्धार्थनगर और नेपाल की सीमा से जुड़े कुशीनगर जिले में आयोजित कार्यक्रमों में शामिल हुए पीलीभीत जिले में किशोरियों की खून की जांच करको वजन और लंबाई मापी गई और टीकाकरण कराया गया एक किशोरी शिवांगी ने आकाशवाणी को बताया पोषण मेले में मेरे ब्लड की जांच की गई वजन और लंबाई भी नापी गई डॉक्टर साहब ने टीके लगाए और गोलियां खिलाई उपयोगी जानकारी भी मुझे पोषण मेले में मिली है प्रदेश के विभिन्न जिलों में इस अवसर पर सभी ने बच्चों किशोरियों और महिलाओं को कुपोषण मुक्त स्वस्थ और मजबूत करने का वचन लिया और साथ ही शपथ भी ली गई कि पोषण अभियान को एक देश व्यापी जनआंदोलन बनाया जायेगा महिलाओं विशेष रूप से किशोरियों को व्यक्तिगत साफ सफाई माहवारी स्वच्छता पोषण में भेदभाव और निजता जैसे मुद्दों पर जानकारी देने के साथ ही आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्त्ताओं द्वारा स्टॉल लगाकर कैल्शियम और ऑयरन टेबलेट का मुफ्त वितरण और टीकारण स्तनपान परिवार नियोजन संस्थागत प्रसन पोषण आदि की जानकारी भी दी गयी सुशील चंद्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ प्रदेश भर में रंगों का त्योहार होली आज होलिका दहन के साथ शुरू ऐतिहासिक नगरी अयोध्या काशी और मथुरा में रंगभरी एकादशी के दिन से ही होली की शुरूआत हो जाती है होली की पूर्व संध्या पर आज प्रदेश भर में होलिका दहन का सिलसिला जारी है मथुरा से हमारे प्रतिनिधि की एक रिर्पोट आज समूचा ब्रजमण्डल में होलिका गली गली और चौराहों पर रखी गई है सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित हो रहे होलिकाओं बड़े ही आकर्षक रूप से सजाया गया है यहां गलियों व चौराहों पर सुंदर व श्रगारित होलिका मैय्या की प्रतिमाएं सजाई गई हैं यहां होली गेट शहर के होली वाली गली में होलिका को भी विशाल रूप सजाया गया है और बुआ होलिका की गोदी में बैठे भक्त प्रह्लाद की प्रतिमाएं जगह जगह सजी हैं यहां से जलती अग्नि से लोग घरों में रखी गई होलिकाओं को प्रज्ज्वलित करेंगे कहीं कहीं होलिका दहन के बाद जौ बांटने की भी परंपरा पूरी की जाती है इस दौरान चतुर्वेदी समाज का विश्राम घाट से डोला निकाला गया डोले में देश विदेश से हजारों की संख्या में लम भक्त अबीर गुलाल के रंगो से सराबोर है यह डोला प्राचीन काल से मथुरा के हदय स्थल होता हुआ शहर के प्रमुख स्थानों के मार्ग से निकाला जाता है मोहम्मद उमर कुरैशी आकाशवाणी समाचार मथुरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि हर्षोल्लास के प्रतीक इस पर्व में जोश के साथ साथ होश भी ज़रूरी है श्री योगी ने कहा कि पर्व की मर्यादा और पवित्रता सबको बनाये रखनी चाहिये उन्होंने कहा कि होली का त्योहार अधर्म असत्य और अन्याय से लड़ने की प्रेरणा देता है होली के मद्देनज़र पूरे प्रदेश में प्रशासन अलर्ट है सभी ज़िलों में शरारती तत्वों और संवेदनशील स्थानों पर विशेष निगाह रखी जा रही है प्रदेश के पुलिस महानिदेशक हितेश चन्द्र अवस्थी ने आकाशवाणी से एक ख़ास बातचीत में बताया होती के त्योहार में बहुत अच्छी व्यवस्था हमारे प्रदेश में की गई है माननीय मुख्यमंत्री जी ने और सारे प्रशासनिक और पुलिस के अधिकारियों ने एक वीडियो कांचेंसिंग माननीय मुख्यमंत्री जी ने की थी जिसमें सारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मंडलायुक्त पुलिस के एस पी से ले करके एडीजे तक के सारे ऑफिसर्स मुख्यालय के सारे ऑफिसर्स मौजूद थे एक एक जगह जहां जहां पहले दृष्टांत ऐसे हुए हैं जहां कोई विवाद हुआ है उनमें क्या कार्रवाई करनी है पर्व के पहले पर्व के बाद क्या प्रीकॉशंस लिये जाने हैं अधिकारियों को कैसे मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारियों को साथ साथ रहना है जो रूट्स हैं इसमें जो शोभा यात्राएं निकलनी हैं उनको कैसे रिव्यू किया जाना है होलिका जहां जहां रखी जायेगी वहां वहां पर कोई शरारती तत्व कोई भिसचीफ न कर दे उसके लिए क्या प्रीकॉशंस लिये जायेंगे और इस सबके अलावा अभी से जो शरारती अराजक तत्व हैं उनके विरूद्ध कार्रवाई शुरू कर दी जा चुकी है तमाम सारी शराब अवैध और वैध रिकवर हो रही है जो स्मगल करके आई है हमारे प्रदेश में इनफैक्ट रोज मुझे सूचना मिल रही है कि बहुत बड़ी तादाद में इस पर हमें भिसयूज होने के लिए तमाम सारी शराब को स्मगलिंग हो रही है जो पकड़ी जा रही है इस बीच स्वैच्छिक संस्थाओं और चिकित्सा विशेषज्ञों ने लोगों से हर्बल गुलाल से होली खेलने का आह्वान किया है लखनऊ के किंग जार्ज मेडिकल विश्वविद्यालय के प्रोफेसर सर्यकांत ने गीले रंगों से होली न खेलने की अपील की है उन्होंने इससे स्वास्थ्य पर पड़ने वाले बुरे प्रभाव का जिक करते हुए कहा कोरोना वायरस के चलते हमारे देश में बहुत हाहाकार मचा हुआ है तो थोड़ी सी सावधानी के साथ होली मनाये कृपया गीले रंगों की होली न मनाएं

कोरोना वायरस क्या है कि कम तापमान और ठंडक में नमी में ज्यादा रू करता है

अगर आप पानी के कलर से होली खेलेंगे तो आपका जो गला है आपका जो शरीर है आपका जो वातावरण आपके शरीर का है वह थोड़ा सा टेम्परेचर कम हो जायेगा